आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में भाजपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा की अध्यक्षता में जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से आए प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के प्रति वचनबद्व है और किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम दिलाने में हर संभव सहायता करेगी प्रतिनिधिमंडल ने चारों संसदीय क्षेत्रों में भाजपा को अभूतपूर्व बहुमत दिलाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया प्रतिनिधिमंडल ने टिक्कर उपतहसील को तहसील का दर्जा देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर पहुंचे इस दौरान विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने जोरदार स्वागत किया ऊना में एक जनसभा में अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में विकास की गति को तेज करेंगे लोकसभा चुनाव में इस बार चार गुणा अधिक मतों से जीत दिलाने पर उन्होंने मतदाताओं का आभार जताया उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार ने यूपीए कार्यकाल के मुकाबले वित्तीय घाटे को छ दशमलव पांच प्रतिशत से घटा कर तीन दशमलव चार प्रतिशत तक ला दिया था अनुराग ठाक्र ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना रोजगार के अवसर सूजित करने के अलावा व्यापार को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रहेगी

यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननावा में जनसमस्याएं सुनने के बाद दी उन्होंने बताया कि इन सम्पूर्ण अस्पतालों में सभी जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा इसके अलावा सम्पूर्ण अस्पतालों को रैफर किए गए मामलों की ऑनलाईन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके विपिन परमार ने कहा कि हिम केयर योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया बीस जून तक चलेगी और पात्र व्यक्ति अपना पंजीकरण करवा कर मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकता है

उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज परागपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक वितरित करने के बाद एक समारोह में यह जानकारी दी

उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगाया है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आज केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है जैनब चंदेल ने कहा कि छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं से प्रदेश शर्मसार हो रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला व आसपास के इलाकों में पेयजल किल्लत पर चिंता जताते हुए सरकार से इस संदर्भ में तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की है पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने शहर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रोड प्लान तैयार करने की सलाह दी है ताकि लोगों को राहत मिल सके शहीदी दिवस सिखों के पांचवे गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए